प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड महामारी के बाद के विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री सहमत थे कि विकास के उच्च मानक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और उससे निपटने के प्रबंधन में लगे लोगों के लिए उत्पन्न नयी चुनौतियों का उल्लेख किया श्री मोदी ने रेखांकित किया कि सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सुधारवादी प्रोत्साहन का प्रयास किया है जिससे कृषि वाणिज्यिक कोयला खनन और श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार सामने आया है प्रधानमंत्री ने आत्मर्निभर भारत की अपनी दृष्टि का उल्लेख किया जिसमें भारतीय कंपनियां अभूतपूर्व रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होंगी

उन्होंने कल चेन्नई में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर कल चेन्नई पहुंचे उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं तब से संक्रमण के मामले काफी घट गये हैं और इससे होने वाली मौत के मामले भी कम हो गये हैं पूरी दुनिया भारत की इस सफलता को देख रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देशभर में दो हजार तीन सौ प्रयोगशालाएं खोली हैं जो चौबीसों घंटे काम कर रही हैं

बड़वानी में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल की मौजूदगी में ड्राईरन हुआ श्री पटेल ने भी टीका लगवाया

कटनी डिंडोरी रतलाम बैतूल श्योपुर और अशोकनगर जिलों से भी ड्राईरन सफलतापूर्वक संपन्न होने के समाचार मिले हैं

इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल की भी शुरूआत की जिस के माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा प्रवासी भारतीय दिवस सोलहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान यह सम्मेलन सुबह दस बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे प्रारंभिक सत्र के दौरान सुरीनाम के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द सम्मेलन में समापन भाषण देंगे

पशुपालन विभाग के संचालक ने कुकुट पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने दें

कल देर रात इन श्रमिकों को सकुशल सिलीमनाबाद लाया गया